यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन को यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा हिंदी प्रसारण के तूरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे मन की बात कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित किया जाएगा

दल ने माघोसागर और चांदराना बांध का अवलोकन किया डैम रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आयोग के दल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बांधों की सुरक्षा तथा मरम्मत के लिए कहा गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत दौसा जिले के मोरेल रेडिया चांदराना माधोसागर और सैंथल सागर बांध का चयन किया है इन बांधों में आयोग द्वारा कई कार्य करवाए जाएंगे

आयोग के नए अध्यक्ष दीपक उप्रेती के निर्देशों पर एक अगस्त को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों या उनके प्रतिनिधियों को आयोग मुख्यालय बुलाया गया है जहां कार्यालय में उन्हें परीक्षा संबंधी निर्देश और संबंधित सामग्री सौंपी जाएगी

पुलिस ने बताया कि उदयपुर से सराडा जा रही मिनी बस से बांसवाडा मार्ग पर केवडे की नाल में पीछे से आया ट्रक ऑवरटेक के प्रयास में टकरा गया और यह हादसा हुआ आठ घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही हैं जयपुर जिले के गोविन्दगढ़ में कल रात एक पिकअप ने पैदल चल रहे कावड़ियों को टक्कर मार दी हादसे में दो कावड़ियों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए उदयपुर के फतहपुरा इलाके में अश्विनी वाटिका के पास कल एक निर्माणाधीन होटल की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गयी और पांच अन्य गंभीर रुप से घायल हो गये

देवस्थान विमाग के अधिकारी ने बताया कि यह यात्रा जयपुर से शुरू होगी

इसकी शुरूआत कल से हुई सप्ताह में चार दिन यह सुविधा रहेगी

इसके अलावा साधारण सभा में कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा कर उन पर मोहर लगाई जाएगी

इस दौरान श्री गोठवाल ने लोगों की समस्याएं सूनी और इनके निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए

ये आयोजन हर जिले के चार शिव मंदिरों में राजस्थान संस्कृत अकादमी के वेदपाठी पण्डितों द्वारा पूरे विधि विधान से सम्पन्न कराये जाएंगे

पौधों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा